केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर तैंतीस हजार एक सौ अठहत्तर हो गई है आज सिविल सेवा दिवस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं कोविड के खिलाफ लड़ाई में भूमिका की सराहना की कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

इन्हें मिलाकर अब तक एक करोड़ छप्पन लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं

इन्हें मिलाकर कोविड से मरने वालों की संख्या एक लाख अस्सी हजार से अधिक हो गई हैं

देश में अब तक एक करोड़ बत्तीस लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं

बोकारो जिले में कोविड टीकाकरण का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है सदर अस्पताल के अलावा भी जिले में दो दर्जन से अधिक टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं

इसके तहत कई तरह की छट भी दी गई है राज्य सरकार र्ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड नियंत्रण के लिए जिलों के उपायुक्त जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों का आवश्यक समझें उन्हें खोलने की अनुमति दे सकते हैं इसके तहत कई सेवाओं को छूट दी गई है दवा दुकानें हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें जन वितरण प्रणाली की दुकान पेट्रोल पंप एलपीजी और सीएनजी आउटलेट ग्रॉसरी स्टोर इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है फल सब्जियों अनाज दूध और डेयरी प्रोडक्ट पशु चारा और खाने पीने की सभी दुकानें जिनमें मिठाई दुकान भी शामिल हैं खुली रहेंगी होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे उन्हें होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे सभी प्रकार के माल की द्वलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं जारी रहेंगे सामानों की दलाई की अनुमति दी गई है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में क्रषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी निर्माण से जूड़ी गतिविधियों को जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं अनुमति दी गई है निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है ई कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी इस दौरान जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज खुले रहेंगे कोल्ड स्टोर स्टोरेज और वेयरहाउस को अनुमति दी गई है भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर खुले रहेंगे बैंक एटीएम वित्तीय संस्थाएं बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज कर सकेंगे राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग गृह एवं कारा विभाग आपदा प्रबंधन विभाग पेयजल स्वच्छता बिजली विभाग पुलिस होमगार्ड अग्निशमन कार्यालय खुले रहेंगे समाहरणालय नगर निकाय बीडीओ सीओ सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय भी खुलेंगे कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी शराब दुकानें भी खुली रहेंगी राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के एक दिन पूर्व सरायकेला जिले के बाजार में आवश्यक सामानों की खरीदारी करने के लिए काफी भीड़ लग रही है द्कानों में अत्याधिक भीड़ रहने के कारण कहीं कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव मनोज चौधरी ने कहा कि आम लोगों को किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि आवश्यक सामानों की दुकान खुले रहेंगे उन्होंने दुकानदारों से कहा है कि ग्राहकों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें

इस कदम से दवा की आपूर्ति बढ़ेगी कीमत घटेगी और मरीजों को फायदा होगा वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि रेमडेसेविर की मुख्य सामग्रियों इंजेक्शन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष तत्वों पर आयात शुल्क हटा दिया गया है

इसके अंतिरिक्त केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और केंद्रीय फार्मास्यूटिकल सचिव ने कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दवाओं के इस्तेमाल के मुद्दे पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की फार्मास्यूटिकल सचिव ने बताया कि रेमडेसेवियर को मध्यम और गंभीर लक्षण वाले उन मरीजोंके इलाज में इस्तेमाल की अनुमति दी गई है जिन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया हो उन्होंने कहा कि सरकार ने उपयुक्त मानदंड के आधार पर राज्यों को रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित करने का काम शुरू किया है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्रीगरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को एक वर्ष के लिए बढा दिया है

झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है कल चार हजार नौ सौ उनहत्तर नए केस मिले हैं जबकि दो हजार तीन सौ चौतीस मरीज ठीक हए हैं

अबतक राज्य में एक हजार पांच सौ सैंतीलीस मरीजों की मौत कोरोना से हुई है झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट उनासी दशमलव आठ चार प्रतिशत है सरायकेला खरसावां जिले में कल उनचालीस नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं

सिविल सर्जन डॉ हिमांशु भूषण ने कहा कि अब तक चार हजार एक सौ एकहत्तर लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं जिसमें तौन हजार सात सौ छत्तीस लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हुए हैं उन्होंने कहा कि जिले में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या चार सौ तेईस हैं इधर गोड्डा जिले में कोरोना से एक महिला की मौत हो गई है जबकि नवासी नए मरीज मिले हैं जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई जा रही है गोड्डा लायंस क्लब ने स्वास्थ्य विभाग को आठ जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किया है वहीं वैक्सीनेशन का काम लगातार युद्धस्तर पर किया जा रहा है

श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनता एकजुट होकर कोविड से मुकाबला करेगी रांची स्थित मौसम केंद्र के कार्यालय प्रमुख और वैज्ञानिक डॉ के वी पडलवार का आज कोरोना से निधन हो गया वे रिम्स में इलाजरत थे केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कार्यालय में ही कार्यरत मौसम प्रेक्षक जेके साह की भी बीती रात कोरोना से मृत्यु हो गयी इधर मुरी रेलवे स्टेशन में पदस्थापित रेलवे सुरक्षा बल के इन्स्पेक्टर आरके तिवारी की भी आज कोरोना से मौत हो गयी उनका रिम्स में इलाज चल रहा था आज सिविल सेवा दिवस है जनसेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए सिविल सेवाएं हर वर्ष यह दिवस मनाती है यह दिवस बदलते समय की चुनौतियों से निपटने और भविष्य की रणनीति तय करने का अदभुत अवसर प्रदान करता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर अधिकारियों को बधाई दी है

उन्होंने कहा कि हमारे सिविल सेवा के अधिकारियों ने लोकसेवा के क्षेत्र में पेशेवर तरीके से उत्कृष्टता बढाई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सिविल सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सिविल सेवा अधिकारी देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए नागरिकों की सेवा तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रहे है आई पी एल क्रिकेट में आज चेन्नई में दिन में साढ़े तीन बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा एक अन्य मैच में आज ही मुंबई में कोलकाता नाइटराइडर्स और चेन्नई सुपरकिंग्स आमने सामने होंगे यह मैच शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा कल रात चेन्नई में दिल्ली केपिटल्स ने मुंबई इंडियन्स को छह विकेट से हरा दिया

इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है

प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछ्आ की अध्यक्षता में आवास योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें लंबित आवास योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है केन्द्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने आज केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की